हरियाणा रोडवेज की बसों का सात पड़ोसी राज्यों में आज से संचालन श्रू हो गया है दिल्ली सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद चंडीगढ़ तथा हरियाणा के विभिन्न जिलों से चलने वाली बसें दिल्ली में अनतर्राज्यीय बस अड़डे तक जा सकेंगी दिल्ली में बसों का यह संचालन करीब आठ माह बाद शुरू हुआ है हरियाणा सरकार ने सामान्य बसों के साथ साथ वोल्वो बसों का संचालन भी फिर से शुरू कर दिया है

इन बसों में पूरी सवारियां न होने की वजह से बसों की संख्या अभी बढ़ाई नहीं गई

इनमें चंडीगढ़ के अलावा प्रदेश के दूसरे जिला मुख्यालयों से चलने वाली बसें भी शामिल हैं

कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले पांच वर्षो में केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अन्पात का उल्लेख है वित्तमंत्री यह रिपोर्ट सरकार की कार्रवाई सम्बधी रिपोर्ट के साथ संसद में पेश करेंगी

इससे पहले आयोग ने इस महीने की नौ तारीख को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को सौंपी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम तीसरे वार्षिक ब्लूमवर्ग नव आर्थिकता मंच को सम्बोधित करेंगे

इस मंच का उद्देश्य विश्व अर्थव्यवसथा की महत्वपूर्ण च्नौतियों से निपटने के लिए नेताओं का एक सम्दाय तैयार करना है जो वास्तविक विचार विमर्श से इन च्नौतियों का समाधान खोज सकें इस मंच की पहली बैठक सिंगाप्रा में ओर बीजिंग में आयोजित की गई थी

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्रुप्ता ने आज बरोदा के नवनिर्वाचित विधायक इंद्राज नरवाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा सचिव राजेंद्र क्मार नांदल के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हड्डा हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हर मोहिंदर सिंह चड्डा और अन्य नेता उपस्थित थे

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इन दोनों क्रांतियों को और अधिक सफल बनाने के लिए द्ग्ध उत्पादक किसानों व मत्स्य पालकों के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध करवाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पश् किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है

आज अम्बाला में एक और फरीदाबाद में तीने कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है

वे आज सिरसा मे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जेलमंत्री ने बताया कि यह निर्णय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा गृह सचिव व प्लिस महानिदेशक दवारा समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया उन्होंने बताया कि सात साल से कम सज़ा वाले व अच्छे आचरण वाले कैदियों का कोरोना महामारी के चलते राहत दी गई थी अब यह फैसला उन कैदियों पर लागू होगा जो पहले से पैरोल पर है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और पार्टी के नये प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने भी बर्च्अल तौर इस कार्यशाला में हिस्सा लिया पार्टी की ओर से इस माह के अंत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इसी कड़ी में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया